इसे बेहतर बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है वे आज भोपाल के मिंटो हॉल में दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति स्टीम यानी सांइस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्टस और मैथ्स पर आधारित कार्यक्रम का शुभारम्भ कर रहे थे

उल्लेखनीय है कि अमेरिका से प्रारंभ हुई स्टीम शिक्षा पद्वति को विश्व के प्रमुख देशों रूस फिनलैंण्ड ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया द्वारा अपनाया गया है मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा में ग्णवत्ता के लिये किये जा रहे प्रयासों के तहत इस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया है स्टीम शिक्षा पद्धति का उद्देश्य बच्चों को छोटी कक्षा से ही विज्ञान और तकनीक के साथ कला और गणित से जोड़ना है ताकि बच्चों में कल्पना शक्ति के साथ ही विषयगत दक्षताओं का भी विकास हो सके वे हाईटेक नॉलेज प्राप्त कर सकें और उनमें सीखने की प्रवृति का विकास हो सके सरदार पटेल केन्द्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की शुरूआत की है यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता अखण्डता को बढ़ावा देने उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायक योगदान को पहचानने और भारत को मजबूत बनाने के लिये दिया जायेगा

इस पुरस्कार में एक पदक और एक प्रशस्तिपत्र शामिल होगा सड़क संरचना केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि देश में आधारभूत सड़क संरचना के समग्र विकास को केन्द्र सरकार प्राथमिकता दे रही है उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कों तथा राजमार्गो का विकास राष्ट्र की उन्नति में अहम योगदान देगा श्री सिंह आज नई दिल्ली में एसोचैम की ओर से आयोजित पांचवें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रोडटेक सस्टेनेबल रोड़स एंड हाईवेज को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश में सड़कों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पिछले पांच वर्षो में काफी काम किया गया है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है श्री सिंह ने कहा कि सड़कों के निर्माण में इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना है कि इनसे पर्यावरण और प्राकृ तिक स्वरूप को किसी तरह की कोई हानि न हो

मक्का सोयाबीन मूंग उड़द अरहर मूंगफली कपास तिल और रामतिल उत्पादक किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टरों को भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं

इस अभियान का उददेश्य विश्व को ग्रूनानक की शिक्षाओं के करीब लाना है यह अपने किस्म का पहला डिजीटल मीडिया अभियान है इस अभियान के माध्यम से गुरूनानक देव की नैतिक शिक्षाओं और मूल्यों का रचनात्मक ढंग से प्रचार प्रसार किया जायेगा मौसम बीते कुछ दिनों से बादल छाये रहने और कहीं कहीं बारिश के बाद अब प्रदेश के अधिकांश जिलो में मौसम साफ होने लगा है आज राजधानी भोपाल में सुबह से ही चमकदार धूप खिली हुई है इसी प्रकार से प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी मौसम सामान्य रहने की सम्भावना है दूसरी ओर हमारे शिवपूरी संवाददाता ने बताया है कि जिले में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है होशंगाबाद संभाग में कहीं कहीं और कुछ अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश हई उधर मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक उदय सरवटे का कहना है कि उत्तरी हवाएं चलने लगी है और जैसे जैसे मौसम साफ होता जायेगा वैसे वैसे प्रदेश में सर्दी बढ़ने लगेगी

इस मौके पर आगरमालवा मुरैना सहित अन्य जिलों में भी विभिन्न आयोजन होंगे

इस एप को गूगल प्ले स्टोर्स से डाउन लोड किया जा सकता है